प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों को करेंगे संबोधित

राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित करेंगे इस योजना में पशु पालकों को भी लाभ पहुंचाया जायेगा इस कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए जायेंगे रायसेन में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाग लेंगे अन्य जिलों में राज्य के मंत्री इस कार्यक्रम के दौरान किसानों को राहत राशि वितरित करेंगे

नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे भारत अगले दो वर्ष में टोल बूथ मुक्त हो जाएगा उन्होंने बताया कि वाहनों की आवाजाही के आधार पर पथकर राशि सीधे बैंक खाते से काट ली जाएगी उन्होंने कहा कि अब जबकि सभी वाणिज्यिक वाहन वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के साथ आ रहे हैं सरकार पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीक स्थापित करने के लिए कुछ योजना लेकर आएगी

पथकर संग्रह के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग करके अगले पांच वर्ष में पथकर से आय एक लाख चौंतीस हजार करोड रुपये होगी

तोमर एफपीओ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नयी दिल्ली में भारतीय कृषक उत्पादक संगठनों और समूहों के महासंघ के किसान उत्पादक संगठनों के सदस्यों से मुलाकात की इन संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा हाल में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि इन अधिनियमों ने छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए एफपीओ के व्यापार को बढ़ाने के वास्ते अनुकूल माहौल बनाया है

बोर्ड की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने बताया कि सभी विद्यालयों में आज पेरेंट्स टीचर मीट होगी जिसमें कक्षावार अलग अलग समय पर अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा

प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले फिल्म समारोह का शुभारंभ प्रसिद्ध फिल्म कलाकार शक्ति कप्र ने किया राजा बूंदेला एवं प्रयास प्रोडक्शन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पेरू के राजदूत कार लोज इक्वाडोर के राजदूत हैक टोज अर्जेंटीना के संस्कृति सचिव भी मौजूद रहे इस अवसर पर फिल्म अभिनेता एवं आयोजक राजा बूंदेला ने कहा की कोरोना के चलते इस बार का कार्यक्रम ज्यादातर आभासी रखा गया है फिर भी सीमाओं के अंदर रहकर कोरोना के नियमों का पालन करते हुए समारोह को भव्यता प्रदान की जाएगी पेरू के राजदूत और अर्जेटीना के संस्कृति सचिव ने खजुराहो की तारीफ करते हुए कहा कि यह सचमुच विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यहां की सुंदरता और मंदिर अति रमणीक है उन्होंने फिल्म समारोह के आयोजन की प्रशंसा की

जन आंदोलन समाजसेवी डाक्टर फोजिया सोडावाला ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन को अपना समर्थन दिया है

लेकिन धूप खिलने से ठंडक और कोहरे से राहत मिली है

राजधानी भोपाल में भी तापमान में गिरावट आई लेकिन धूप खिलने से दिन में लोगों को सर्दी से राहत मिली कोहरा पड़ने से प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता में कमी आई

पिंक बॉल से खेले जा रहे इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था

कार्यक्रम वेलनेस टूरिज्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है